प्रदेश कांग्रेस ने बस किराए में की गई बढ़ोतरी के विरोध में शिमला में किया प्रदर्शन प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी भारी वर्षा से करीब सौ सड़कें अवरूद्व

उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक नई योजनाए आरम्म की हैं जिनमें वन समुद्धि जन समुद्धि सामुदायिक वन संवर्धन और विद्यार्थी वन मित्र योजना शामिल है जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक करने और वक्षारोपण की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए एक बूटा बेटी के नाम योजना भी शुरू की गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है जिसमें वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है

मुख्यमंत्री ने पौधरोपण के कार्य में आम जनता गैर सरकारी संस्थाओं और पंचायती राज संस्थानों की सहभागिता पर भी बल दिया इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न वन मण्डलों में मौजूद मंत्रियों और विधायकों से भी बातचीत की इस अवसर पर शिक्षामंत्री सुरेश भारद्दाज और वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी अपने विचार व्यक्त किए

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल के दौरान सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है इस दौरान सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य का संतुलित और चहुमुखी विकास सुनिश्चित कर रही है शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मौजूद रहीं राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी के दौरान कृषि क्षेत्र में विशेष ध्यान देने पर बल दिया है

बंडारू दत्तात्रेय ने जिला प्रशासन को केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई राशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने दृष्टिपत्र में किए गए अधिकांश वायदों को पूरा कर लिया है और ्रोष पर प्राथमिकता से कार्य जारी है शिमला में स्वर्णिम हिमाचल दृष्टिपत्र के कार्यान्वयन के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसभिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दृष्टिपत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाया है भारद्वाज ने कहा कि सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के मकसद से सरकार ने ई टैंडर करना अनिवार्य बनाया है शोक मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह लखनऊ में निधन हो गया

लालजी टंडन लखनऊ से भाजपा के सांसद और राज्य संरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लालजी टंडन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है दोनों नेताओं ने अपने शोक संदेश में कहा कि लालजी टंडन एक प्रसिद्ध राजनेता कृशल प्रशासक और संवैधानिक मामलों के ज्ञाता थे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कमार ध्रमल ने भी लालजी टंडन के निधन पर गहरा शोक जताते हए कहा कि वे एक कुशल संगठक राष्ट्रवादी विचारक और सफल प्रशासक थे कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने बस किराए में की गई बढ़ोतरी के विरोध में आज शिमला में धरना प्रदर्शन किया

उन्होंने सरकार से बस किराए में बढ़ोतरी संबंधी जन विरोधी निर्णय को तुरन्त वापिस लेने की मांग की है राठौर ने सरकार पर कर्मचारियों किसानों व बागवानों की पूरी तरह अनदेखी करने का आरोप भी लगाया

शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस संकटकाल में आम लोग आर्थिक तौर पर परेशान हैं ऐसे में किराए में बढोतरी तर्कसंगत नहीं है

ये महिला नेरवौक स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी और मध्रमेह व किडनी के रोग से ग्रसित थी

वे आज तपोवन स्थित विधानसभा परिसर से ई विधान प्रबंधन प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन को लेकर राज्य के सभी उपायुक्तों को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि विधायक ई विधान के माध्यम र्से अपने विधानसभा क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य और पहले से चल रहे कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं